हरियाणा में आज यम्नानगर जिले में हथिनीकंड बैराज के निकट म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने मंत्र उच्चारण के बीच पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थिां यम्ना में विर्सर्जित की इस अवसर विधानसभा अध्यक्ष कंवर पाल ग्र्जर भाजपा अध्यक्ष स्भाष बराला कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ कृष्ण क्मार बेदीशिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा राज्य मंत्री कर्ण देव कम्बोज अम्बाला से सांसद रतन लाल कटारिया भी मौजूद रहे म्ख्यमत्री ने इस मौके पर कहा कि वाजपेयी जी के नाम पर तीन चार परियोजनाओं का नाम रखा जायेगा जिनमें हथिनीक्ंड भी शामिल है मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीवाजपेयी जी की क्षति को पूरा करना अंसभव है उधर पिहोवा में भी श्री वाजपेयी जी की अस्थियां विर्सजित किए जाने का समाचार मिला है केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली ने तीन महीने बाद दोबारा कार्यभार संभाल लिया है सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने टवीट पर वित्तमंत्री अरूण जेटली को कार्यभार संभालने पर बधाई दी है उन्होंने कहा कि वोह ख्श है उने स्वास्थ्य अब ठीक है और अगले कई वर्षो तक देश की सेवा करने के लिए उन्होंने श्रभकामनांए दी

हरियाणा के श्रम एवं रोज़गार मंत्री नायब सिंह सैनी ने भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा आयोजित अंतोदय मेले में भिवानी जिले की एक हजार श्रमिक महिलाओं को सिलाई मशीने भेंट की

मंत्री ने मीडिया को बताया कि अब सरकार व श्रमिकों के बीच की दलाली को समाप्त किया जायेगा और श्रमिकों के हक का पैसा उनके खातों में भेजा जायेगा

जागरूकता टीम ने महिलाओं से अपने गांव में आपसपास के क्षेत्र में सफाई रखने का आहवान किया और स्वच्छता ऐप के बारे जानकारी दी

टीम दवारा विभन्न प्रकार के मानदंड तैयार किए गए है और इन निर्धारित मानदंडो को पूरा करने के उपरान्त स्वच्छता रैकिंग की जायेगी

इस प्रकार की स्वच्छता सर्वेक्षण पहले शहरी क्षेत्रों के लिए करवाया गयाथा अब से ग्रामीण क्षेत्रों में करवाया जा रहा है पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने चार सौ से अधिक साध्ओं को नंप्सक बनाए जाने के मामले में ग्रमीत राम रहीम की जमानत याचिका खारिज कर दी है

मामले की सुनवाई के दौरान ग्रमीत राम रहीम वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये पेश हए इस मामले के आरोपी डा पकंज नैन गर्ग प्रत्यक्ष रूप से अदालत मे मौजूद रहे डॉ गर्ग द्वारा अदालत से विदेश जाने की अन्मति मांगी गई थी उनकी अर्जी पर स्नवाई करते हए अदालत ने आरोपी डॉक्टर को विदेश जाने की अन्मति दे दी है मुख्य मामले में आज स्नवाई के दौरान शिकायत कर्ता हंसराज की गवाही हई जो अगली स्नवाई मे भी जारी रहेगी मामले की स्नवाई चार सितम्बर को होगी

मामले की सुनवाई करते हए रित् बाहरी ने दस अगस्त को हई बैठक के आधार पर तब तक याची के खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाने का आदेश दिया है याचिका मे सवाल उठाया कि कि क्या जिला शिकायत निवारण कमेटी नियमित कर्मी के निलंबित के आदेश जारी कर सकती है काबिले गौर है कि राजकुमार के खिलाफ सीवरेज सम्बधी एक शिलान्यास और आदेश की अवहेलना करने के आधार पर कारवाई की गई थी सक्षम अभियान की सफलता के बाद हरियाणा में सक्षम प्लस अभियान चलाया जायेगा इसमें अंग्रेजी पर जोर दिया जायेगा ये जानकारी नारनौल के उपाय्क्त डा गरिमा मित्तल ने आज मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस कांफ्रेस में दी

उपाय्क्त ने बताया कि अंग्रेजी के प्रति आम लोगों का अधिक आर्कषण रहता है

पंचकूला के उपायक्त ने कहा कि इस कार्यशाला का म्ख्य उद्देश्य अधिकारियों को कोटपा एक्ट के बारे में जानकारी देना और कोटपा कानून को लागू करने के लिए कानून के तहत उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताना है